चालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के स्वास्थ्य की होगी जांच

अबतक नौ सौ छत्तीस संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए आठ सौ बाइस का इलाज जारी भाजपा के बाघमारा विधायक दुल्लू महतो की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज

केंद्र सरकार ने कहा है कि झारखंड के लगभग ग्यारह हजार श्रमिकों को लद्दाख के सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं विजय और हिमांक में लगाया जाएगा इस कम में दुमका से एक विशेष रेलगाड़ी एक हजार छह सौ अड़तालीस प्रवासी मजदूरों को लेकर आज केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंची इन श्रमिकों की कोरोना जांच के बाद सड़क मार्ग से उधमपुर रेलवे स्टेशन से उन्हें लद्दाख के लिए रवाना किया गया

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कोरोना संकमण को लेकर जागरूकता लाने और जांच अभियान को लेकर सभी जिलों को निर्देश दिया है

वहीं जामताड़ा जिले में भी उपायुक्त ने पदाधिकारियों को अभियान को लेकर निर्देष जारी किया है लोहरदगा जिले की उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने भी जिले के स्वास्थ्य विभाग को निर्देष दिया है

राज्य में कुल सत्रह सौ सड़सठ मामले सामने आ चुके हैं जिसमें नौ सौ छत्तीस संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और आठ सो बाइस सकिय मरीजों का इलाज जारी है हालाकि अब तक राज्य में नौ लोगों की इस संकमण से मौत भी हई है स्वास्थ्य विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आज बताया कि राज्य में कोरोना संकमण की मृत्यु दर शून्य दषमलव चार पांच प्रतिषत ही है झारखंड में मामलों के दोगुना होने की देर ग्यारह दषमलव दो तीन प्रतिषत है

वहीं पाकड़ जिले में भी बारह कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हए

जिले में शेष तेरह सक्रिय कोरोना पोजिटिव मरीजों का इलाज जारी है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

भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा विधायक दुल्लू महतो की औपबंधिक जमानत याचिका अदालत ने आज खारिज कर दी अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एसडीजेएम शिखा अग्रवाल के न्यायालय में बाघमारा विधायक द्वारा औपबंधिक जमानत के लिए दायर की गयी याचिका पर आज सुनवाई हुई यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद विधायक को कोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए विधायक को अनुमति के लिए अलग से याचिका दायर करनी होगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति तथा वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने आज सभी जिलाध्यक्षों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की मौके पर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों की वापसी स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर संवेदनशील है

उन्होंने जिलाध्यक्षों को राज्य सरकार एवं पार्टी संगठन द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी होडिंग्स बैनर पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिये जनता तक पहुंचाने का निर्देष दिया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जिलाध्यक्षों को विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी दी

गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण काल में डाक विभाग द्वारा जरुरतमंदों को हरसंभव मदद की जा रही है

ग्रामीण महिलाओं को जन धन योजना की सभी किस्त पोस्टल विभाग ने समय पर घरों तक पहुंचाया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर सुशील कुमार ने बताया कि इस दौरान लोगों की आवश्यक दवाइयां भी भारतीय डाक विभाग द्वारा आपूर्ति की जा रही है इस संबंध में हमारे गोड्डा संवाददाता ने कुछ लाभुकों से बात की टाटानगर रेलवे स्टेशन से पचीस जुलाई दो हजार उन्नीस को तीन साल की बच्ची के अपहरण दुष्कर्म और हत्या के तीनों दोषियों को जमशेदपुर कोर्ट ने आज सजा सुनाई जमशेदपुर कोर्ट के अपर न्यायाधीश सुभाष प्रसाद की अदालत ने आरोपी रिंकू साव को मौत होने तक आजीवन कारावास व अस्सी हजार रुपये का जुर्माना और दूसरा आरोपी मोनू मंडल को दस साल कारावास और बीस हजार का जुर्माना लगाया जबकि दोषी कैलाश कुमार को सात साल और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई

इसमें एक शूटर भी शामिल है तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि मालूम हो कि तीन जून को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के सुदना विद्युत ग्रिड के सामने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी इस कांड में शामिल शूटर सहित दो अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी सात जून को हुई थी इस घटना में अबतक पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कोरोना महामारी के दौर में बारिष से बिहार में आने वाली बाढ़ के खतरे और उससे कोरोना संकमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के एक समूह ने विकासन्वेष फाउंडेषन और मेघ पाइन अभियान द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया और बिहार में बाढ़ की तैयारी को लेकर चर्चा की इस दौरान बताया गया भीड़ वाली जगहों पर अधिक लोगों का जुटान न हो इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए घरेलू स्तर पर आवश्यक सेवाए मुहैया कराने के लिए रणनीति बनानी होगी मनरेगा कार्यक्रम के तहत अस्थायी वर्षा जल संचयन और घरेलू स्तर पर सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए योजना बनानी चाहिए मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पष्विमी मॉनसून सक्रिय रूप से पूरे राज्य में आगे बढ़ चुका है इससे राज्य में अगले दो तीन दिनों तक लगातार बारिष होने का अनुमान है मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के सभी जिलों में मॉनसून के सक्रिय होर्न के साथ अगले दो तीन दिनों तक मध्यम से तेज बारिष दर्ज की जायेगी अभी राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ झमाझम बारिष हो रही है

राज्यपाल ने प्रषिक्ष् अधिकारियों से लगन एवं मेहनत से राज्य के विकास के लिये कार्य करने को कहा इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से अपने प्रषिक्षण का अनुभव साझा किया

बैठक में प्रबंध समिति के अध्यक्ष तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने श्रीकृष्णा मुंडा को सलगाडीह कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा